यह दरें सुकन्या समृद्धि योजनालोक भविष्य निधि योजना और किसान विकास पत्र पर भी लागू होंगी

श्री चौहान ने आज बालाघाट में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब परंपराओं को भूल चुकी है कोई दल जब राजनीतिक यात्रा पर निकला है और विपक्ष यह साजिश रचे कि हर जगह उस यात्रा में गड़बड़ी हो काले झंडे दिखाए जाए यात्रा में व्यवधान हो ये मध्यप्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति को व्यक्तिगत विद्वेष तक ले जा रही है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर राम वन गमन पथ बनाने की घोषणा की है श्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये पार्टी की घोषणा नहीं बल्कि वचन है

अभी इसकी नई तारीखें नहीं घोषित की गई हैं बताया गया है कि ये यात्रा मध्यप्रदेश के उन सभी स्थानों से होकर गुजरेगी जहां से होकर भगवान श्री राम वन के लिए गए थे दिव्यांग मतदान कार्यशाला मध्यप्रदेश में साढ़े चार लाख से ज्यादा दिव्यांग मतदाता है और चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है कि इन सभी मतदाताओं की भागीदारी मतदान में हो यह जानकारी आज प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित एक कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएलकाताराव ने दी इस एकदिवसीय कार्यशाला का विषय आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनों के सुगम मतदान हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में चुनाव आयोग की ओर से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल दिल्ली से आयी गुंचा बत्रा और सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के आयुक्त केजी तिवारी ने दिव्यांगों को चुनाव के दौरान दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और सहायता के बारे में जानकारी दी इस कार्यशाला में जिलों के समन्वयक पुलिस अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुये विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी शामिल है गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये आयोग ने समावेशी सुगम विश्वसनीय एवं नैतिक मतदान का लक्ष्य रखा है सजा सतना जिला कोर्ट ने मात्र तीन माह की सुनवाई के बाद चार साल की एक बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी शिक्षक महेन्द्र सिंह गौड़ को मौत की सजा सुना दी इसके अलावा बच्ची के अपहरण के मामले में उसे सात साल सश्रम कारावास की सजा भी दी गयी है अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बच्ची और उसके अभिभावकों के बयान सुनने के बाद सजा का ऐलान किया जानकारी के मुताबिक महेन्द्र सिंह गौड़ ने एक जुलाई को बच्ची का अपहरण कर बलात्कार किया था बच्ची की हालत अभी भी गंभीर है और उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है

पन्ना नगरपालिका ने जिले से बाहर जाने वाले हीरों में अपने लिए रॉयल्टी की मांग की है